प्रधानमंत्री आज आयुर्वेद दिवस के मौके पर दो आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित करेंगे वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने भी प्रदेशवासियों को धनतेरस की श्रभकामनाएं दी है उन्होंने कहा है भगवान धनवंतरी सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए धनतेरस और दीवाली पर्व को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है खरीदारी को लेकर बाजारों में रौनक काफी बढ़ गई है निर्मला अर्थव्यवस्था केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में रोजगार बढाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत कई कदम उठाये जा रहे हैं

वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना में केन्द्र सरकार इस वर्ष पहली अक्तूबर के बाद से नये पात्र कर्मचारियों के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए सबसिडी उपलब्ध करायेगी उन्होंने कहा कि यह सबसिडी आधार से जुडे ईपीएफओ खातों पर लागू होगी

डाक विभाग इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने पोस्टमैन के माध्यम से डिजिटल रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा घर पर देने की पहल की सफलता पूर्वक शुरूआत की है

पेंशनभोगी इस सेवा का लाभ उठाने के लिए विस्तृत जानकारी आईपीपीबी ऑनलाईन डॉट कॉम पर प्राप्त कर सकते हैं

भाजपा के एक प्रवक्ता के अनुसार पार्टी गतिविधियों के चलते उनका यह दौरा स्थगित किया गया है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग ख़बरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं हिमाचल के आयकरदाताओं को फिर मिलेगा सस्ता आटा चावल दैनिक जागरण की सुर्खी है दीवाली पर शहरों में दो घंटे ही फोड़ सकेंगे ग्रीन पटाखे अमर उजाला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से लिखता है कोरोना मरीजों को बनेंगे फेब्रिकेटिड वार्ड

कोरोना पर हाईकार्ट में सुनवाई आज शीर्षक से हिमाचल दस्तक लिखता है केस अचानक बढ़ने पर दो दिन का नोटिस दिया था कोर्ट ने इस पत्र की एक अन्य ख़बर है चुनावी डयूटी पर तैनात शिक्षकों को छुट्टी नहीं सरकार के तीन वर्ष पूरा होने पर शिमला में होगा कार्यक्रम आपका फैसला की एक ख़बर है

विभागों के बजट पर कैंची का खतरा शीर्षक से हिमाचल दस्तक ने लिखा है कोरोना के कारण अब बदला हुआ होगा अगला बजट मौसम से जुड़ी ख़बर पर दैनिक भास्कर ने लिखा है दिवाली के बाद हिमाचल में हो सकती है बर्फबारी और बारिश